प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए कार्मिकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

लोकसभा लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश की उनसठ सीटों के लिये रविवार को वोट डाले जाएंगे

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में विजय संकेल्प रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विपक्षी गठबंधन को महामिलावटी करार दिया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी को गरीब महिलाओं सहित सभी का समर्थन मिल रहा है

मध्य प्रदेश के नीमच में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वायदे नहीं करती और अपने द्वारा किए गए वायदों को भी नहीं भूलती

देहरादून में जिला निर्वाचन विभाग मतगणना की तैयारी में जुटा हुआ है यहां ईवीएम और पोस्टल बैलेट से मतगणना के लिए अलग अलग हॉल बनाये गये हैं मतगणना के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग जारी है ईवीएम की सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतेजाम किये गये है सुरक्षाकर्मियों सहित सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है

ईवीएम से गणना के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है मतगणना प्रशिक्षण चमोली लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना कार्यों को निष्पक्षता और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चमोली में आज मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया

कार्मिक प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी हसांदत्त पांडे ने सभी मतगणना कार्मिकों को संबोधित करने हुए कहा कि मतगणना निर्वाचन का महत्वपूर्ण चरण है इसमें जरा सी चूक होने पर पूरा परिणाम और चुनाव प्रक्रिया दूषित हो जाती है उन्होंने कार्मिकों को मतगणना के दौरान निष्पक्ष रहकर कार्य करने के निर्देश दिए कान फेस्टिवल विश्व सिनेमा का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समारोह कान फिल्मोत्सव आज फ्रांस में शुरु हो रहा है बारह दिन के समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे कल भारतीय पवेलियन का शुभारम्भ करेंगे इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्स्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष पोस्टर भी जारी किया जाएगा

अपर जिलाधिकारी बी एल फिरमाल ने कहा कि कुमाऊं मण्डल आयुक्त और जिला विकास प्राधिकारण के अध्यक्ष द्वारा समय समय पर प्राधिकरण में आ रही कठिनाइयों की समीक्षा की जाती है समीक्षा के दौरान उन्होंने लम्बित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों के प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के दौरान आ रही समस्याओं को सुना और निस्तारण करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि जो भवन स्वामी एकल आवासीय और व्यावसायिक भवन बना रहे हैं वे विकास प्राधिकरण की अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो उन्होंने बताया कि जल्दी ही नक्शा पास करने सहित अन्य प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया जायेगा नशा मुक्ति अल्मोडा अल्मोड़ा में युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के मकसद से नशा मुक्त युवा कार्यक्रम शुरू किया गया इस दौरान युवाओं को बताया गया कि नशा मुक्त समाज में छात्र छात्राओं की अहम भूमिका है नशे से व्यक्ति का शारीरिक जीवन के साथ मानसिक जीवन भी खतरे में चला जाता है युवाओं को सलाह दी गई कि नशे से दूर रहने के लिए व्यायाम के अलावा खेलों में अधिक सहभागिता करनी चाहिए परिवहन चारधाम परिवहन विभाग की ओर से चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित करने की तैयारियां चल रही है विभाग ने यात्रा पर जाने वाली बसों की फिटनेस जांचर्ने और ग्रीन कार्ड बनाने की सुविधा को तेज कर दिया है तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड बनाने के लिए देहरादून ऋषिकेश और हरिद्वार में काउंटर खोले हैं मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केदारनाथ यात्रा में नियुक्त सैक्टर सब सैक्टर और नोडल अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा राज्य की आर्थिकी की रीढ है और देश विदेश से यात्री बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते है आज मुख्य सचिव ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस अवसर पर मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम परिसर में निर्माणाधीन केदारनाथ फुट पार्क योग ध्यान गुफा उरेडा पावर हाउस और अन्य स्थलों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने धाम में हो रही बर्फबारी और ठंड के मद्देनजर बिजली पानी संचार और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक अनिल रतूडी पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे चारधाम ट्रैवल छापेमारी चारधाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही हरिद्वार में कई फर्जी ट्रैवल व्यवसायी भी सक्रिय हो गए हैं इन ट्रैवल एजेंसियों द्वारा श्रद्वालुओं से अधिक दाम वसूलने की शिकायत पर पर्यटन विभाग सतर्क हो गया है जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने बिना मानकों के चल रही ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया और फर्जी एजेंसियो को नोटिस भी जारी किये हैं पर्यटन अधिकारी ने कहा कि हरिद्वार में कई लोगों ने होटल के बाहर छोटी दुकानें खोली हुई हैं

चमोली जिले में हेमकुंड साहिब रुद्रनाथ रूपकुंड और फूलों की घाटी सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने से जिले में ठंड बढ़ गयी है देहरादून में हल्की ब्रंदा बांदी हुई और आसमान में हल्के बादल छाए रहे उधर अल्मोड़ा में भी हल्की ब्रंदाबांदी हुई बारिश होने से जंगलों में लगी आग भी बुझ गई है मौसम में आए बदलाव से खासकर मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों में कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना है जबकि अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है

जिलाधिकारी ने इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम यानि आईआरएस और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने और थराली में भी एस डी आर एफ टीम की तैनात रखने को कहा उन्होने निर्देश दिए कि मानसून काल के दौरान कोई भी अधिकारी अपना फोन बंद नहीं रखेंगे बैठक में मुख्य पश् चिकित्सा अधिकारी के उपस्थित न रहने पर नाराजगी व्यक्त करते करते हुए जिलाधिकारी ने उनका एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया

साथ ही जल च्रोतों की सफाई संरक्षण और पुनरोद्वार कार्य किये जाएंगे जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को विश्व पर्यावरण दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने संबंधित विभागों को पौधरोपण के लिए भूमि का चयन करने को कहा